मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकार की तीन साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया

लखनऊ में लोकभवन में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि में उनकी सरकार ने राज्य का चहुमुखी विकास किया है उन्होंने बताया कि राज्य को सफलता की ओर अग्रसर करने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका निभाई मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति और विकास की सुविधाओं के कारण राज्य छवि बेहतर हुई है बाइट प्रदेश के अन्दर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण देखने को मिला है यह वर्तमान में भी प्रदेश के अन्दर तमाम सम दिषम परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रदेश की सुरक्षा के बेहतर वातावरण को बनाने में जो सफलता प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है तीन वर्ष का परिणाम है मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन से हमें तीन वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल में समय समय पर उनका मार्गदर्शन उनकी प्रेरणा सदैव हम सबको प्राप्त होती रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार किया तथा स्वास्थ्य कृषि रोजगार बिजली महिला सशक्तिकरण और शिक्षा सहित अनक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के साथ ही सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया है

श्री योगो ने कहा कि श्रमिकों और उनके परिवारजनों की भलाई क लिए बहुत से कार्यक्रम शुरू किये गये हैं कोरोना वायरस के बढ़ते संकमण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके प्रसार को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए उनकी सरकार द्वारा सार्थक कदम उठाये गये हैं उन्होंने बताया कि सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों और जिला अस्पतालों में कोरोना मरीजों और संदिग्धा के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है बाइट प्रदेश के अन्दर कोरोना वायरस के खिलाफ जिस प्रकार की एक नई मुहिम पूरे दंश के अन्दर आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आरम्भ हुई है अवेयरनेस के कार्यक्रम बचाव और इसके उपचार के जो कार्यकम प्रारम्भ हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भारत सरकार का अनुश्रवण करते हुए युद्धस्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है हर एक स्तर पर व्यापक जागरूकता के कार्यकम देखने को मिल रहे हैं खासतौर कोरोना से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति का मुफ़्त में उपचार के साथ साथ जिन लोगों के रोजी रोज़गार से प्रतिदिन कार्य करने का है जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर जो लोग डे दू डे अपना कमाते हैं फिर खाते हैं उन पर जो असर पड़ रहा है इसके लिए वित्तमंत्री जी की अध्यक्षता में हम हम लोगों ने एक कमेटी गठित की है जो इन लोगों के भरण भोषण की कोई व्यवस्था प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध करायेगी श्री योगी ने बताया कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षो में क्रंभ सहित अनेक भव्य आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न किये गये जिससे प्रदेश की छवि विश्वस्तर पर निखरी है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है उन्होंने कहा कि निवेशकों के सम्मेलन से लेकर एक ज़िला एक उत्पाद सहित अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का आर्थिक विकास तेज गति से हो रहा है और लोगों को बिजली पानी आवास और शौचालय सहित तमाम बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं बाइट आदरणीय योगी जी की सरकार का तीन वर्ष का यह कार्यकाल उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश के शासन और कानून के राज्य की दृष्टि से अगर देखा जायेगा तो यह स्वर्णिम यूग कहा जायेगा और योगी जी की सरकार ने जहां कानून व्यवस्था पर एक सख्त रवैया अपराधियों के खिलाफ अपनाया भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था के लिए जहां उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों कर्मचारियों और लोगों के ख़िलाफ बड़ा सख़्त रवैया अपनाया वहीं गरीबों किसानों के लिए उनका बहुत ही संवेदनशील एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल यह माना जायेगा और यह तीन साल का कार्यकाल सुशासन की द्रष्टि से और विकास की दृष्टि से ओडी ओपी जैसी एक महत्वाकांक्षी योजना लाकर के जिस तरह से निर्यात में अट्ठाइस प्रतिशत तक की उन्होंने बढ़ोत्तरी की इस सब दृष्टि से अगर देखा जायेगा तो यह बहुत ही एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में और सुशासन और विकास की रफ़्तार को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री के कार्यकाल के रूप में जाना जायेगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में कोरोना का संक्रमण अभी तक सामुदायिक स्तर पर नहीं पहुंचा है उन्होंने कहा कि भारत में इसका संक्रमण अभी तक चरण दो पर ही स्थिर है डॉक्टर भार्गव ने बताया कि अलग अलग जगहों से लिये गये पांच सौ नमूनों में से किसी में भी कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया

डॉक्टर भार्गव ने कहा कि परिषद दो ऐसी प्रयोगशालाएं भी स्थापित कर रही है जिनमें प्रतिदिन चौदह सौ नमूनों की जांच की जा सकेगी ये प्रयोगशालाएं इस सप्ताह के अंत तक चालू हो जायेंगी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

मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित प्रत्येक व्यक्ति को अलग रखा जाए और उसका समुचित इलाज किया जाए संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्कों का शीघ्र पता किया जाना चाहिए ताकि वायरस का प्रसार रोका जा सके

भारतीय जनता पार्टी ने अगले महीने तक किसी भी तरह के आन्दोलन या प्रदर्शन में भाग न लेने का फैसला लिया है पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नावल कोरोना वायरस के मद्देनजर ऐसा करने की इच्छा व्यक्त की है

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा

इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा की ओर से आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं